सेना घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार

एसीबी ने जालौर में पीएचईडी के एईएन को एक लाख रूपये की घूस लेते किया गिरफ्तार जयपुर में भी सहायक लेखाधिकारी और तहसीलदार रिश्वत के आरोप में हुए गिरफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के न्यूयार्क में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने दुनिया के देशों को इस दिशा में गम्भीर होने की बात कही उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए जन आदोलन चलाना समय की मांग है श्री मोदी ने कहा कि हम गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी नागरिक का पूरा डाटा एक ही कार्ड में उपलब्ध हों

सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि बालाकोट आतंकी मॉड्यूल फिर सक्रिय हो गया है और भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा सतर्क है चेन्नई में कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है सेना अध्यक्ष ने कहा कि लगभग पांच सौ आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं

केवल आतंकवादियों और पश्चिमी पडोसी देश में बैठे उनके आकाओं के बीच के संपर्क को तोड दिया गया है केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने जयपुर में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम की शुरूआत की इस मौके पर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कहा कि कांग्रेस की त्रुटिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कश्मीर समस्या बनी हुई थी

केन्द्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है

जबकि पुराने नियम के मुताबिक तीस प्रतिशत की दर से फैमेली पेंशन मिलती थी ये संशोधन अगले महीने की एक तारीख से लागू होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रदेशभर में चल रहे विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए पांच राज्य स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है

ये समितियां राज्य निधि और केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजनाओं राज्य सरकार की बजट घोषणाओं चुनाव घोषणा पत्र में वर्णित घोषणाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की प्रगर्ति की समीक्षा करेंगी राज्य में पंचायतों के पुर्नगठन को लेकर कल जयपुर में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की बैठक में मंत्री शांति धारीवाल गोविन्द सिंह डोटासरा भंवर लाल मेघवाल और हरिश चौधरी ने हिस्सा लिया श्री पायलट ने बताया कि आम लोगों के काम की सहूलियत के लिए पंचायतों का पुर्नगठन किया जा रहा है

गौरतलब है कि नागौर जिले के खींवसर और झूंझनूं जिले के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिये कल अधिसूचना जारी हो गई थी इसके साथ ही नामांकन प्रकिया भी शुरू हो गई

अगले दिन इनकी जांच की जायेगी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने कल जालौर जिले के सांचौर में सहायक अभियंता को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया जबकि तीन कनिष्ठ अभियंता कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गये ये राशि सांचोर के ठेकेदार के डेढ करोड के बिल पास करने की एवज में मांगी गई थी इधर जयपुर देहात और भीलवाडा ऐसीबी ने कल एजी ऑफिस जयपुर में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी को एक लाख दस हजार रूपये और भीलवाडा में बनेडा तहसीलदार को पचास हजार रूपये की घूस लेते गिरफ्तार किया अलवर की भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम न्यायालय ने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर रिश्वत लेने के आरोप में एक महिला और तत्कालीन थानेदार सहित चार लोगों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में कल एसओजी के दल ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार करके उससे चार पिस्तौलें और आठ मैगजीन बरामद की है